प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को देखते हुए सतर्क रहना चाहिए राष्ट्र के नाम सम्बोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक बहुत जरूरी न हो घर से बाहर निकलने से बचने को कहा प्रधानमंत्री ने कहा कि साठ वर्ष स ऊपर उम्र के लोग अगले कुछ सप्ताह तक घर में रहने की विशेष सतर्कता बरतें

बाइट जनता कर्फ्यू यानि जनता के लिए जनता द्वारा खूद पर लगाया गया कर्फ्यू इस जनता कर्फ्यू के दौरान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले

घरों में ही रहें तो बाईस मार्च को हमारा यह प्रयास आत्मसंयम देश हित में करते हुए पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा

प्रधानमंत्री ने देशवासियों से उन लोगों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने का अनुरोध किया जो अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की हिफाजत में लगे हैं बाइट चाहे डॉक्टर्स हो नर्सिस हो हास्पिटल का स्टाफ हो सफाई करने वाले हमारे भाई बहन हो एयरलाइंस के कर्मचारी हो सरकारी कर्मचारी हो पुलिस कर्मी हो मीडियाकर्मी हो रेलवे बस ऑटो रिक्शा की सुविधा से जुड़े लोग हो होम डिलीवरी करने वाले लोग हो ये लोग अपनी परवाह न करते हुए दूसरो की सेवा में लगे हुए हैं हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बाल्कनी में या खिडकियों के सामने खडे होकर रविवार को शाम को पांच बजे पांच मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें और आभार कैसे व्यक्त करेंगे ताली बजाकर के थाली बजाकर के घंटी बजाकर के

भारतीय चिकित्सालय अनुसंधान परिषद ने कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं इनमें कहा गया है कि सांस संबंधी गंभीर रोगों दम फूलने बुखार और कफ की शिकायत के साथ अस्पताल आने वाले प्रत्येक रोगी की कोरोना वायरस संक्रमण के लिहाज से भी जांच की जाएगी

परिषद ने ये दिशा निर्देश कोरोना के संदिग्ध मामलों में सभी लोगों को विश्वसनीय जांच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जारी किए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप से निपटने के लिये केन्द्र और सभी राज्यों से एकजुट होने की आवश्यकता पर जोर दिया है वीडियो कांफ्रेंस के जरिए कल रात सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस की चूनौती सभी राज्यों के लिए एक जैसी है उन्होंने मुख्यमंत्रियों से सभी आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी उपायों पर अमल किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिहाज से अगले तीन चार सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण हैं उन्होंने कहा कि भीड़ से दूरी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है

इनमें आगरा और लखनऊ से आठ आठ नोएडा से पांच गाजियाबाद से दो तथा लखीमपुर खीरी और मुरादाबाद से एक एक संक्रमित व्यक्ति पॉजिटिव पाये गये हैं लखनऊ में जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाई गई बॉलीवुड गायिका के खिलाफ नियमों की अवहेलना करने और कोरोना प्रसार के नियंत्रण में सहयोग नहीं करने पर कल एफआईआर दर्ज की गई है इस गायिका ने पिछले दिनों लखनऊ में कई कार्यक्रमों में भाग लिया था जिसमें कई राजनैतिक नेता और अधिकारी शामिल हुए थे इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह की जांच रिपोर्ट आ गई है

स्वास्थ्य मंत्री भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे जिसमें बॉलीवुड गायिका ने भाग लिया था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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के चलते प्रभावित दिहाड़ी श्रमिकों और ठेला खोमचा लगाने वाले मजदूरों को एक एक हजार रूपये की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है लखनऊ में आज इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम विभाग में पंजीकृत बीस लाख से अधिक श्रमिकों को उनके खाते में एक हजार रूपये डीबीटी योजना के माध्यम से दिये जायेंगे

प्रदेश सरकार ने एक करोड़ पैंसठ लाख जरूरतमंद गरीब परिवारों को भी मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का फैसला किया है

मुख्यमंत्री ने लोगों से जनता कर्फयू का कड़ाई से पालन करने का अनुरोध किया है उन्होंने लोगों से कल सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक अपने घरों में ही रहने के लिये कहा है इस दौरान कल लखनऊ में रेल मेट्रो और सिटी बस सेवाएं बंद रहेंगो उन्होंने लोगों से गैर जरूरी यात्राएं न करने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचने का भी आहवान किया है

प्रदेश के अन्दर कल सभी मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी

सिटीबस सेवाएं भी पूरी तरह कल बंद रहेंगे जिससे हर हाल में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक सके प्रदेश सरकार के पास पर्याप्त साधर है संसाधन है हर एक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हम इसके माध्यम से कर सकते है मेरी अपील है कि हम कोरोना वायरस के खिलाफ जिस लड़ाई को लड़ रहे है इस लड़ाई में आमजन भी सरकार के साथ मिलकर के लड़े ओर जो अपील आपसे की जा रही है उस अपील में आपकी सहभागिता ही आपका सहयोग हमारे लिये होगा मूख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि स्थिति से घबराने की आवश्यकता नहीं है उन्होंने कहा कि जागरूकता से ही इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है

शेष अन्य संक्रमित लोगों की हालत में भी काफी सुधार बताया गया है

ये उपाय सभी मंडलों में लागू किये जा रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज आधी रात से कल रात दस बजे तक यात्रा प्रारंभ करने वाली सभी पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं

इसका उद्देश्य बाजार में धन की अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में कहा था कि रिजर्व बैंक कोरोना वायरस से उपजे संकट के बावजूद अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने के लिए कोई भी उपाय करने को तैयार है